भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय प्रकाश निषाद उत्तर प्रदेश की रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए हुए उप चुनाव में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये

चुनाव अधिकारी बृजभूषण दुबे ने बताया कि जय प्रकाश निषाद को प्रदेश राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट रिक्त थी

अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपोडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने अलीगढ़ के अंडला स्थित डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर जायजा लिया और निवेशकों से बात की उनके नेतृत्व में यूपीडा की टीम कल दो दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ पहुंची टीम ने जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया मौके पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे सरकार नींव रखने से पहले यहां पर सड़कों का निर्माण और बिजली के लिए सब स्टेशन की स्थापना की तैयारी में हैं अगले एक माह में डिफेंस कॉरिडोर की रूपरेखा को अंतिम रूप देकर कार्य शुरू होगा

श्रो अवस्थी ने बताया कि बहुत जल्दी कार्य शुरू कर दिया जायेगा

मृत्यु दर भी कम होकर एक दशमलव नौ दो प्रतिशत रह गई है कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव और संदेश देने को कहा है

न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता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

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कुशीनगर जिले के तमकुही क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पिपरा घाट का दौरा किया इस मौके पर उन्होंने ब्रूढ़ी गण्डक नदी के एपी तटबन्ध का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को हर हाल में बन्धे को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया उन्होंने नदी के तटवर्ती बाढ़ प्रभावित गांवों में चलाये जा रहे राहत कार्यो के बारे में भी जानकारी ली तथा अधिकारियों को राहत कार्यो को समुचित रूप से चलाए जाने का निर्देश दिया बाढ़ क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री के साथ कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे भी मौजूद रहे राहत आयुक्त संजय गोयल ने बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में वर्तमान में सभी तटबंध स्रक्षित हैं कही भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है

बाढ़ अतिवृष्टि की आपदा से निपटने के लिए बचाव एवं राहत प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये गय हैं बाढ़ परिवारों को खाद्यान्न किट वितरित की जा रही है

आपदा से निपटने के लिए जनपद एवं राज्यस्तर पर आपदा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है पूर्व किकेटर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रजघाट पर किया गया उनके पुत्र ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी

चेतन चौहान का कोरोना संकमण के चलते दिल्ली के मेदाता अस्पताल में कल निधन हो गया था चेतन चौहान के निर्वाचन क्षेत्र अमराहा के नौगांवा में भी उनके निधन पर शोक की लहर दौड़ गई है पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके प्रियजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेरठ मंडल में खादी के वस्त्रों का निर्माण कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

एक रिपोर्ट खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है यह वाक्य भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहे थे खादी हमेशा से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मन की बात कार्यकम में खादी के वस्त्र अपनाने की बात कही जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ा और वह खादी के साथ साथ स्वदेशी अपनाने लगे जिससे मार्केट में खादी की डिमांड बढ़ने लगी मेरठ में ग्रामीण महिलाएं खादी के वस्त्र बनाकर अपनी जीविका चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं

खादी और ग्राम उद्योग आयोग मेरठ मंडल के डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि बाइट लोगों की काफी भावना भी जुड़ी हुई हैं